उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में पार्टी ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है

ये दिन वृद्धजनों के योगदान को पहचानने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इसी कड़ी में शिमला में हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में बुजुर्गो के अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है

सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से अभिभावकों और बुजुर्गों की सेवा करने का आहवान भी किया हमीरपुर में इस मौके पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने एक समारोह का आयोजन किया इसकी अध्यक्षता करते हुए विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज के पथ प्रदर्शक हैं और सभी को वृद्धजनों के बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए बिलासपुर में हुए कार्यक्रम में विधायक जेआरकटवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी

इस अवसर पर देश सहित भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में विमिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि देंगे प्रधानमंत्री आश्रम को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रमुख संदेश था कि स्वच्छता ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है

इससे पूह और काज़ा के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप्प है पूह के एसडीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि ज़िला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि पहाड़ी कच्ची होने से सड़क बहाल करने में दिक्कत आ रही है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा के युग में खेल प्रतियोगिताओं का विशेष महत्व है और इससे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है शिमला के राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में आज लड़कों की अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की डाईट राशि को बढ़ाया है ताकि खेलों के दौरान उनके लिए खाने की उचित व्यवस्था की जा सके

उन्होंने सभी पदों और सिविलियन कर्मचारियों की निष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें उच्चतम व्यवासायिक स्तर को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि सेना प्रशिक्षण कमान के विस्तार के लिए शिमला में अतिरिक्त जगह लेने की जरूरत है इस दौरान पीसी थिम्मैया ने होनहार सैनिकों और पुलिस कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रशंसापत्र से सम्मानित भी किया

इसके तहत आकाशवाणी शिमला ने पूर्व की तरह इस वर्ष भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसके तहत बेस्ट वुमेन्ज प्रोग्राम की श्रेणी में डाक्टर हुकुम शर्मा की प्रस्तुति हेसण को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है डॉक्टर देवकन्या द्वारा लिखित ये कहानी नारी के इर्द गिर्द धूमती है जो महिला सशक्तिकरण की बेहतरीन मिसाल है केन्द्र के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार शर्मा का भी इस कार्यक्रम के निर्माण में कुशल योगदान रहा लाहौल आलू लाहौल स्पिति जिले के रोगमुक्त बीज आलू की प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भारी मांग रहती है

वहीं फसल के बेहतर दाम मिलने से किसान भी बेहद खुश हैं